झारखंड में कोरोना के कल सात नये मामले आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या छप्पन हो गई है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज दिवस पर आज कहा कि कोरोना संकट से हमें संदेश मिलता है कि हम आत्मनिर्भर बनें उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रंसिंग के माध्यम से ई स्वराज पोर्टल मोबाइल एप व स्वामित्व योजना का शुभारंभ करते हुए इसकी महत्ता बताई प्रधानमंत्री ने कहा आज लांच हुए एप के जरिए ग्राम पंचायतों के फंड उसके कामकाज की पुरी जानकारी दी जाएगी इसके माध्यम से कार्यशैली में पारदर्शिता के साथ परियोजनाओं के काम में तेजी आएगी उन्होंने आगे कहा कि स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को एक नहीं अनेक लाभ होंगे इससे संपत्ति को लेकर भ्रम और झगडे खत्म होंगे गांव में विकास योजनाओं की प्लानिंग में मदद मिलेगी और शहरों की तरह गांवों में भी लोग बैंकों से लोन ले सकेंगे

प्रधानमंत्री ने कहा गांव के इफ्रास्ट्रक्वर को मजबूत करने के लिए आज सरकार द्वारा दो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं एक है ई ग्राम स्वराज और दूसरा हर ग्रामीण के लिए स्वामित्व योजना की शुरुआत की जाएगी झारखंड में कल कोरोना के कुल सात नये मामले सामने आए हैं

रिम्स में आये सैम्पल जांच में इस बात की पृष्टि हई है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

इसमें कुल मिलाकर सामान्य और स्थिर रूप से वृद्धि हई ऐसा विशेष रूप से केन्द्र की रणनीतियों से वायरस को नियंत्रित करने में मदद मिली है अधिकार प्राप्त कोरोना समन्वय समृह के अध्यक्ष ने कल नई दिल्ली में यह जानकारी दी

समिति ने कहा कि पिछले एक महीने में सरकार ने जांच सुविधाएं बढ़ाई हैं और पांच लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई उन्होंने कहा कि पिछले महीने से कोविड अस्पतालों की संख्या में साढ़े तीन गुना और आइसोलेशन बिस्तरों की संख्या में तीन दशमलव छह गुना वृद्धि हई है सरकार देश में मृत्यु दर कम रखने के लिए जांच और उपचार के सिद्धांत पर कार्य कर रही है

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डॉक्टरों प्लाज़मा परामर्शदाताओं और विंशेषज्ञों के संयुक्त सहयोग से राज्य में प्रभावी रूप से प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने की सहमति दे दी है राज्य में कोरोना संक्रमित आठ मरीजों के ठीक होने से इस दिशा में उम्मीद की किरण नजर आई है

वहीं राज्य के ब्लड बैंक और निजी अस्पताल स्वेच्छा से निषुल्क प्लाज्मा के संग्रह संरक्षण और भण्डारण के लिए आगे आये है

वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टोर मोहसिन वली इस परिचर्चा में भाग लेंगे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

कार्यक्रम हमारी वेबसाइट न्यूऑज ऑन एआईआर डॉट कॉम और यू ट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा

कोरोना संक्रमित मरीज के इलाज के दौरान यह सभी निकट संपर्क में आए थे कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इन्हें कोरेंटीन में भेजा था

इन्हें होटलों सहित ट्रेनिग हॉस्टल में रखा गया था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

प्रवर्तन निदेषालय की विषेष अदालत ने राज्य के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को बीस करोड इकतीस लाख के मनी लाउडरिंग मामले में सात साल सश्रम कारावास और दो करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है जानकारी हो कि एनोस पारा षिक्षक हत्याकांड में उम्रकैद और आय से अधिक मामले में सात साल की सजा पहले ही मिल चुकी है और वे इन मामलों में जेल में बंद हैं और अब संक्षिप्त खबरें राज्य सरकार ने अधिसुचना जारी कर तीन आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया

वहीं योजना सह वित्त सचिव सुनील को पथ निर्माण सचिव बनाया गया है साथ ही अबुबकर सिद्दिकी को कृषि पष्पालन और साक्षरता सचिव बनाया गया है

एक व्यक्ति चापुड़िया गांव का ग्राम प्रधान शिवलाल ट्डू तैर कर बच निकलने में कामयाब रहा है